बोर्ड ने कहा कि अभियान का उद्देश्य करदाताओं को ऑनलाइन अपने वित्तीय लेनदेन की प्रष्टि की सुविधा देना और स्वैच्छिक कर अनुपालन के लिए प्रेरित करना है केन्द्रीय गृहमंत्री अभित शाह और सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावेड़कर ने आज स्वतंत्रता सेनानी मंगल पाण्डे को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है

वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी अपने ट्वीट संदेश के जरिये स्वतंत्रता सेनानी मंगल पाण्डे को श्रद्वांजलि दी है

विभाग के अनुसार ँ अगले दो तीन दिन में प्रदेश के उत्तरी भागों में कहीं कहीं तेज बारिश हो सकती है